इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत व कृशल नेतृत्व के कारण अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भूमिपूजन से करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हुआ है उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियात बरतने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये मंजूरी दी गई

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्द्वन के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है ये बात आज उन्होंने न्यू शिमला में रूप नारायण समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान कही भारद्वाज ने कहा कि वन विद्यार्थी योजना सामुदायिक वन संवर्द्वन व वन समृद्धि योजना के तहत वन मंडल शिमला द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दो सौ हैक्टेयर भूमि पर करीब डेढ लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं सैजल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहयोग देने का आहवान किया है सैजल ने कहा कि कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं और विभिन्न स्तरों पर चुने हए प्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा वे आज सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की गुल्हाड़ी पंचायत में एक पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कृलदीप राठौर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की टैस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई जाती तब तक इसका सही आकलन संभव नहीं है राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने की बजाय मिशन रिपीट पर अधिक ध्यान दे रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार के मुँखिया व मंत्री राजनैतिक बैठकें कर रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है राठौर ने क्वारंटीन केन्द्रों की व्यवस्था सुधारने पर भी बल दिया